लैण्डर विक्रम अपने ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक अलग हो गया है

बेंगलूरू में इसरो के मिशन कन्ट्रोल केन्द्र में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने रिमोट से कुछ मिली सेकेण्ड में यह कार्य सम्पन्न किया इस चरण के बाद अब वैज्ञानिकों का पूरा ध्यान लैण्डर मॉड्यूल को चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने पर रहेगा इस मॉड्यूल में लैण्डर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं जो इस समय आपस में जुड़े हुए हैं यह पहली बार है जब पूर्णरूप से देश में निर्मित लैंडर ने चंद्रमा के वायुमंडल में प्रवेश किया है और यह स्वतंत्र रूप से इसकी परिक्रमा कर रहा है ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है ऑर्बिटर तय योजना के अनुसार एक वर्ष तक कक्षा में रहेगा और चंद्र क्षेत्र का मानचित्रण करेगा और इसके बहिर्मंडल और आयनमंडल का निरीक्षण करेगा

इस अभियान के पूरा होने के बाद भारत उन देशों के समूह में शामिल हो जायेगा जिन्होंने चन्द्रमा की सतह पर कदम रखा है लैण्डर विक्रम का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है

राज्यपाल केदारनाथ केदारनाथ धाम में आज से तीर्थ यात्रियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेंगी केदारनाथ धाम के बेस कैम्प में चिकित्सालय का लोकार्पण किया गया इस मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि कि केदारनाथ धाम में अस्पताल खुलने से देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री अब और भी अधिक सुरक्षित अनुभव करेंगे इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे

अस्पताल में सभी प्रकार की जाँच एक्स रे वेन्टीलेटर इन्टेन्सिव केयर यूनिट और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी इससे पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए ड्रोन ड्रोन उड़ाने के लिए अब डीजीसीए की अनुमति लेना आवश्यक है आम जनता को ड्रोन के प्रयोग के संबंध में जागरूक करने के लिए प्रदेश के अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय दिशा ने निर्देश जारी किए हैं इन दिशा निर्देशों के अनुसार ड्रोन को खरीदने से पहले भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए

ड्रोन के संचालन से पहले नियमानुसार डीजीसीए से यूनिक आईडेंटीफिकेशन नम्बर और स्वचालित एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट प्राप्त कर लिया जाना चाहिए इसके अलावा ड्रोन को ऑपरेट करने वाला पायलट भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए इोन की प्रत्येक उड़ान से पहले डिजीटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से अनुमति लेना आवश्यक है

एचआरडी मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता हासिल करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में नये अनुसंधान आवश्यक हैं

हर राष्ट्र को इससे निपटने में योगदान करना होगा

उन्होंने कहा कि सम्मेलन के बाद दिल्ली घोषणा से इस दिशा में रणनीति बनाने में मदद मिलेगी उन्होंने इस आयोजन के दौरान जलवायु परिवर्तन के विषय पर सार्थक वार्तालाप की उम्मीद भी जताई

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की उपयोगिता आम जनमानस तक इसके लाभ और अधिकारियों को तकनीकी जानकारी दी गई प्रशिक्षण में मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार रविन्द्र दत्त ने अधिकारियों से जनता की समस्याओं के त्वरित निदान के प्रयास करने के निर्देश दिये

आज मुख्य सचिव ने देहरादून में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में जीर्ण शीर्ण हो चुके विद्यालय भवनों के पुनरूद्वार के सम्बन्ध में बैठक की उन्होंने कहा कि प्रदेश का अधिकतर भाग भूकम्प की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है

उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में जीर्ण शीर्ण विद्यालय भवनों के पुनरूद्वार और पुनर्निर्माण का कार्य अभियान के तौर पर शुरू किया जाएगा इसके साथ ही उन्होंने नये बनाए जाने वाले भवनों को भूकम्परोधी तकनीक के साथ निर्मित करने के भी निर्देश दिये कोश्यारी स्वागत महाराष्ट्र के नव नियुक्त राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी रविवार देर शाम देहरादून स्थित अपने आवास पर पहंचे जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी श्री कोश्यारी को शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि श्री भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में महाराष्ट्र विकास की नयी ऊंचाइयों को छुएगा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी श्री कोश्यारी के आवास पर पहुंचकर उन्हें शुभकामनायें दी उन्होंने उम्मीद जताई कि भगत सिंह कोश्यारी के महाराष्ट्र जाने से दोनों राज्यों के बीच संबंध और बेहतर होंगे इस अवसर पर श्री कोश्यारी ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में कहा कि उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों पर आधारित राजनीति की है अब राजभवन में रहकर देश के विकास और उसकी एकता अखंडता की रक्षा करने के लिए संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे महाराष्ट्र में राज्यपाल पद की शपथ लेने के लिए दिन निश्चित करने के संबंध में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश और वहां के मुख्यमंत्री मिलकर जो भी दिन तय करेंगे वह उसके अनुसार शपथ ले लेंगे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने श्री कोश्यारी को महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर शुभकामनाएं दी खुशी मनाई प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने पर बागेश्वर जिले में उनके पैतुक गांव नामती चेटाबगड़ में जमकर खुशी मनाई गई

श्री कोश्यारी तीन भाइयों में सबसे बड़े हैं उनसे छोटे भाई जगत सिंह का परिवार आज भी गांव में रहता है तीसरे भाई नंदन सिंह पिथौरागढ़ में बस गए हैं श्री कोश्यारी की प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल से हुई हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उन्होंने कपकोट से की आगे की पढ़ाई के लिए वे अल्मोड़ा चले गए

इस दौरान वे विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे

गणेश चत्र्थी गणेश चतुर्थी आज देशभर में श्रद्वापूर्वक मनाई जा रही है बुद्धि विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति का दस दिन का जन्मोत्सव आज से शुरु होकर गणेश चतुर्दशी पर सम्पन्न होता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति वेंकैया नायड़् और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी है प्रदेश में भी गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धाभाव ने मनाया जा रहा है सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया

इसका समापन कोसी नदी में गणेश विसर्जन के साथ किया जाएगा चमोली जिले के गोपेश्वर में भी गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया है